आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देशव्यापी फिट इंडिया अभियान की शुरूआत करते हुए उन्होंने कहा कि फिटनेस केवल एक शब्द नहीं है बल्कि स्वस्थ और समुद्ध जीवन के लिए आवश्यक शर्त है उन्होंने कहा कि फिटनेस भारत में जीवन का अनिवार्य हिस्सा रहा है लेकिन समय के साथ लोग फिटनेस के प्रति उदासीन हो गये हैं उन्होंने कहा कि टैक्नोलॉजी के आने के साथ शारीरिक गतिविधियां कम हो गई हैं फिटनेस अभियान को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अनियमित जीवन शैली से मध्मेह और रक्तचाप से संबंधित बीमारियां हो रही हैं जो जीवनशैली में परिवर्तन से ठीक हो सकती हैं उन्होंने कहा कि फिट इंडिया अभियान लोगों को इन बदलावों के लिए प्रेरित करेगा

उन्होंने कहा कि ये पहल समय की जरूरत है और इससे देश का स्वस्थ भविष्य होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि सफलता और स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हैं और ज्यादातर सफल लोग स्वास्थ्य की दृष्टि से फिट हैं हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचन्द को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत के नौजवान खिलाडियों को बधाई दी फिट इंडिया इधर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के फिट इंडियाकार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने कहा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए रोजाना कम से कम एक घंटे का समय योग के लिए निकालना चाहिए विधानसभा परिसर में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कई देशों ने योग को शारीरिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के रूप में अपनाया है विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल सहित मंत्रिमण्डल के सदस्य और विधायकगण भी इस दौरान मौजूद रहे

मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान भोरंज की विधायक कमलेश कुमारी के सवाल के जवाब में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि बहुत छोटी आयुसीमा में जो महिला विधवा होती है उसे विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ता है

इससे पहले सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विधवाओं को तीन योजनाओं के तहत पेंशन दी जा रही है

सदन में इस मुद्दे पर विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू और होशियार सिंह ने भी अनुपूरक सवाल पूछे वॉकआउट प्रदेश प्रशासनिक प्राधिकरण को भंग करने के सरकार के फैसले के विरोध में आज विपक्षी कांग्रेस ने सदन से वाकआउट किया कांग्रेस ने सरकार पर कर्मचारी विरोधी होने का आरोप लगाते हुए सरकार से इसका अस्तित्व बनाए रखने की मांग की

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने सोच विचार करके ही हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक प्राधिकरण को भंग करने का निर्णय लिया है

जयराम ठाक्र ने कहा कि कई राज्यों ने इस प्राधिकरण को बंद कर दिया है मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष का वाकआउट राजनीतिक मकसद से था

ऐसे में इसका कर्मचारियों को लाभ कहां मिल रहा था उन्होंने कहा कि सरकार पर इसका वित्तीय बोझ भी था उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में पीड़ित कर्मचारियों को समय पर न्याय मिलेगा मुख्यमंत्री के जवाब के बीच विपक्ष ने सदन से वाकआउट कर दिया और बाद में विपक्ष की गैर मौजूदगी में ही यह विधेयक पारित कर दिया गया